कोरिया जिले के बैक्ठप्र वन परिक्षेत्र में हाथियों के हमले में एक ग्रामीण मारा गया लीगल एज्केशन कार्यक्रम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने कहा है कि समाज में नित नए बदलावों और नई तकनीकों के आने की वजह से कानूनी शिक्षा की जरूरत हमेशा बनी रहेगी श्री मिश्रा बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय के सभागार में आयोजित सतत कानूनी शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे यहां अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने आम लोगों को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिंल द्वारा प्रकाशिंत द्विभाषी जनरल का विमोचन भी किया मतगणना प्रशिक्षण विधानसभा चुनाव के लिए ग्यारह दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले आज कोरिया जांजगीर चांपा और कोरबा जिले के रिटर्निंग अधिकारियों सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया जांजगीर में मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों को मतगणना और परिणामों के घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी इन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्देशों से भी अवगत कराया गया इस अवसर पर जांजगीर जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बंसोड़ कोरबा जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद हक और कोरिया जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र द्ग्गा उपस्थित थे उधर बेमेतरा जिले में मतगणना कार्य के लिए साठ अधिकारियों को माइक्रो आब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माइक्रो आब्जर्वर को कल मतगणना कार्य के पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा

वहीं जिले में अब तक शासकीय सेवकों के लगभग पंद्रह सौ डाक मतपत्र जमा हुए हैं जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो हजार नौ सौ पैंतालीस डाक मतपत्र जारी किए गए थे चुनाव ड्यूटी पर लगे जिन शासकीय सेवकों को डाक मतपत्र जारी हुआ है वे अपना डाक मतपत्र ग्यारह दिसम्बर को मतगणना शुरू होने के एक मिनट पहले तक जमा करा सकते हैं केंद्रीय सचिव बेमेतरा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत कमार ने बेमेतरा जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की इसके लिए उन्होंने कलेक्टोरेट में जिला कलेकटर सहित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक ली इस दौरान श्री कुमार ने मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चौदहवें वित्त आयोग और मनरेगा अभिसरण मद के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की बैठक में कम्प्यूटर आधारित पावर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी गई बाल हितैषी प्लिसिंग कार्यशाला पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय ने कहा है कि बाल अपराध रोकने और बाल अपराधी बनने के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की है आज राजधानी रायपुर में बाल हितैषी पुलिसिंग विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हए उन्होंने यह बात कही इस कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्ववधान में किया जा रहा है इस अवसर पर श्री उपाध्याय ने कहा कि माता पिता अभिभावक और शिक्षक बच्चों के प्रति संवेदनशील हो तो बच्चा अपराध की ओर आकर्षित नहीं होगा इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सहित नौ राज्यों से आये विशेषज्ञ और पुलिस के अधिकारी अपने विचार व्यक्त करेंगे कार्यक्रम में महासुमन्द जिला पुलिस द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ट्वार्ड्स चाइल्ड फ्रेण्डली डिस्ट्रिक्ट महासमुन्द का विमोचन किया गया माओवादी वारदात राजनादगांव जिले के सीमावर्ती इलाके से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादियों ने आज एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया माओवादियों के पीएलजीए सप्ताह का आज द्रसरा दिन है एटापल्ली तहसील के डेहरी गांव में स्थित विनोबा भावे स्कूल आश्रम के सामने खड़ी इस ट्रक में माओवादियों ने आग लगा दी

पीएलजीए सप्ताह के दौरान गढ़चिरौली जिले में आगजनी की यह दूसरी घटना है

वर्ष उन्नीस सौ बयानवे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष यह दिवस मनाने की घोषणा की थी इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना

इन हाथियों ने बीती रात मेको गांव में एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला मिली जानकारी के अनुसार यह ग्रामीण अपने खेत की रखवाली कर रहा था इस दौरान बीती देर रात यहां जंगली हाथियों का एक दल पहुंचा ग्रामीण ने हाथियों को खदेड़ने के लिए पटाखा जलाया इसके बाद हाथियों ने ग्रामीण युवक पर हमला कर उसे कुचलकर मार डाला दुर्घटना मुंगेली जिले में शांतिपुर के पास आज एक ऑटो के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए हैं घायलों को तखतपुर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है लोरमी से एक परिवार ऑटो में सवार होकर बिलासपुर जा रहे थे तभी यह वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया कबीरधाम जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है पुलिस के अनुसार मोहतरा गांव के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच भिडंत होने से यह हादसा हुआ वहीं कोरिया जिले में आज एक सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार पटना थाना क्षेत्र के महोरापुर के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया द्र्ग डकैती गिरफ्तार द्र्ग जिले के सुपेला क्षेत्र से पुलिस ने मध्यप्रदेश के एक डकैत गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है आरोपियों के पास से देशी कट्टा समेत पैंतीस जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं पुलिस के अनुसार यह गिरोह भिलाई में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था इसी दौरान कल सुपेला क्षेत्र में इन डकैतों ने हवा में गोली चलाई थी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तब आरोपियों ने एक आरक्षक पर गोली चलाने का असफल प्रयास किया और भाग निकले इसके तत्काल बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और पांच घंटे के भीतर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया सौगान जब्त बीजापुर जिले के महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित भोपालपट्नम वन परिक्षेत्र से वन विभाग ने अवैध तस्करी कर ले जाया जा रहा तिरासी नग सागौन गोला जब्त किया है बताया जाता है कि इस दौरान तस्करों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला किया जिसमें कुछ कर्मचारियों के घायल होने का समाचार है बरामद किए गए सागौन गोले की अनुमानित कीमत करीब अट्ठारह लाख रूपये बताई जा रही है गोंडवाना कप राजधानी रायपुर में आज से अखिल भारतीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट गोंडवाना कप शुरू हुआ

इस अवसर पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना विशेष रूप से उपस्थित थे छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट सात दिसंबर तक चलेगा इसमें मुम्बई बेंगलुरू हैदराबाद विशाखापटनम और दिल्ली के लगभग बत्तीस खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री ने शुभारंभ समारोह को सम्बोधित करते हए कहा कि लगभग आठ दशक पुरानी इस प्रतियोगिता ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं आज यह प्रतियोगिता देश में एक विशिष्ट पहचान बनने में सफल हुई है छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया ने राज्य में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों और प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी खेल कुम्भ रायपुर में इन दिनों राज्य स्तरीय ग्रामीण और महिला खेल कृद प्रतियोगिता खेल कृम्भ का आयोजन किया जा रहा है खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक धर्मेश क्मार साहू ने बताया कि यह खेल क्म्भ कल से शुरू हआ है इस आयोजन के पहले चरण में नौ दिसंबर तक हॉकी एथलेटिक्स और व्हालीबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी वहीं दूसरे चरण में ग्यारह से सत्रह दिसंबर तक बास्केटबॉल खो खो रस्साकसी और भारोत्तोलन खेलों का आयोजन किया जाएगा खेल अधिकारी ने बताया कि इन खेलों में सत्रह वर्ष से कम आयु वर्ग के वे खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं जिनका चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता से हुआ है गन्ना खरीदी कबीरधाम जिले में गन्ना खरीदी शुरू होने से पहले किसी भी अनहोनी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुलिस ने गन्ना किसानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इस सिलसिले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किसान संघ के प्रतिनिधियों और गन्ना किसानों के लिए एक बैठक आयोजित की गई इसमें जारी निर्देशों के अनुसार चालकों को नशे की हालत में गन्ने से भरा ट्रैक्टर नहीं चलाने वाहनों में लाइट और रेडियम की पर्याप्त व्यवस्था करने गन्ने का भराव उचित तरीके से करने और जरूरी संकेतक का प्रयोग करने संबंधी हिदायत दी गई है जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा ताकि पूर्व में हुई इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो

रायगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अट्ठारह दुकानों को निलंबित कर दिया गया है